इसके साथ ही इनका आंकडा बढकर तीन हजार छः सौ छत्तीस हो गया है

उदयपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि शहर के कांजी का हाटा जोगीवाड़ा नीमच माता भोपालपुरा और हिरण मंगरी क्षेत्र में सर्वाधिक संक्रमित लोग मिले है इसके बाद पूरे शहर में निषेधाज्ञा लागू कर नगर निगम क्षेत्र को प्रतिबंधित जोन घोषित कर दिया गया है इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि करल मध्यप्रदेश और दिल्ली के बाद चौथा ऐसा राज्य बन गया है जो प्लाज्मा थैरेपी के जरिये कोरोना का ईलाज करने में सक्षम है

यहां अब दवाईयां खाद्य सामग्री और फल सब्जी और अनुमत वाली अन्य दुकाने सुबह आठ से दो बजे तक खुल रही है

उधर श्रीगंगानगर में जिला मुख्यालय पर शुरू किए गये ऑड ईवन सिस्टम में प्रशासन ने संशोधन किया है

रविवार को भी व्यापारी ऑड ईवन सिस्टम के तहत अपनी दुकानें खोल सकेंगे

प्रभारी मंत्री जिला कलेक्टरों पुलिस अधीक्षकों और जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ लॉक डाउन के तीसरे चरण के बाद की रणनीति पेयजल के कार्यो और मनरेगा में ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों का नियोजन करने सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा कर रहे है

केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कमार गंगवार ने कहा कि सरकार मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सभी संबधित पक्षों के साथ बातचीत कर नीतिगत उपाय कर रही है ताकि कामगारों और अर्थव्यवस्था पर कोरोना प्रभाव को कम किया जा सके श्री गंगवार ने कल नियोक्ता संगठनों के साथ ऑनलाइन संगोष्ठी की इसमें कामगारों के हितों के संरक्षण के अलावा रोजगार सुजन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई श्री गंगवार ने कामगारों की समस्यायें कम करने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के उपायों की जानकारी दी

जिला कलक्टर विश्राम मीणा ने बताया कि जिले में टिड्डी नियंत्रण के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं की जा रही है

इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें भावभीनी श्रद्दाजलि अर्पित की